मोदी वक्तव्य प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत चीन सीमा पर शहीद सैनिकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है उन्होंने आज एक वक्तव्य में कहा कि पूरा देश आपके साथ खड़ा है भारत के वीर सपूतों ने गलवानबैली में मातृभूमि की रक्षा करते हुए जो सर्वोच्च बलिदान दिया है ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा श्री मोदी ने कहा कि स्थितियां कुछ भी हों भारत एक एक इंच जमीन और देश के संविधान की रक्षा करेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत एक सांस्कृतिक और शांतिप्रिय देश है जहां कहीं भी हमारे मतभेद रहे हैं हमने प्रयास किया है कि मतभेद विवाद न बनें हम किसी को भी उकसाते नहीं हैं लेकिन हम देश की अखण्डता और संप्रभुता के साथ समझौता नहीं करते जब भी समय आया है हमने अपनी क्षमताओं को साबित किया है इस बारे में किसी को भी भ्रय या संदेह नहीं होना चाहिये शहीद भारत चीन सीमा पर हुए संघर्ष में चीनी सैनिकों से लोहा लेते हुए रीवा जिले के वीर सप्रत दीपक सिंह भी शहीद हो गये हैं उनकी पार्थिव देह कल जिले के गृह गांव फरहेदा लाए जाने की संभावना है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित करते हुए कहा कि सीमा पर संघर्ष के दौरान दीपक सिंह ने जिस शौर्य का परिचय दिया इस पर हमें गर्व है

मंत्री मीना सिंह ने भी शहीद दीपक सिंह को श्रद्वांजलि अर्पित की है मोदी संवाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सरकार द्वारा उचित समय पर लिये गये निर्णय से कोरोना महामारी के प्रकोप को काफी कम करने में मदद मिली है

उन्होंने राज्यों से आग्रह किया कि वे कोराना की जांच और रोगी के संपर्क में आये लोगों का पता लगाने के लिये अधिक से अधिक परीक्षण केन्द्र बनाने के प्रयास करें और इसके लिये आरोग्य सेतु एप के साथ ही टेली मेडीसिन सुविधा के बुनियादी ढांचे का भी विकास किया जाए श्री मोदी ने कहा कि कोरोना संकमण को कलंक की तरह नहीं देखा जाना चाहिये उन्होंने इससे निपटने के लिये स्वयं सेवी संस्थाओं समेत निजी क्षेत्र के सभी संगठनों से एकजुट होकर काम करने का आहवान किया

जिनका इलाज किया जा रहा है

मनरेगा उमरिया प्रदेश में पहली बार मनरेगा के तहत रेल पटरियों की मरम्मत का काम किया जा रहा है

प्रमुख राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस इन च्नावों के लिये अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में जूट गये हैं प्रदेश में इन चुनावों के लिये नियुक्त भाजपा के पर्यवेक्षक केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और पार्टी के प्रदेश प्रभारी डॉ विनय सहस्त्रबुद्धे भोपाल स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में पार्टी विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं ये नेता कल यहां होने वाली विधायक दल की बैठक में भी भाग लेंगे इधर आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निवास पर कांग्रेस विधायकों की बैठक हुई पार्टी के प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक भी इस बैठक में मौजूद थे

वहीं उच्चन्यायालय ने राज्यसभा चूनाव को चूनौति देने वाली उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें इस चुनाव पर रोक लगाने की मांग की गई थी

लेकिन उच्च न्यायालय ने यह कहकर खारिज कर दिया कि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि विधानसभा सीटें रिक्त होने पर राज्यसभा चुनाव टाल दिये जाए योग दिवस कोरोना संकट के बावजूद शिवपुरी जिले में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आहवान पर इसके लिये व्यापक तैयारियां की जा रही हैं योग शिक्षक बच्चों को ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से योग का प्रशिक्षण दे रहे हैं

विद्यार्थी भी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से रोज कुछ नया सीख रहे हैं

मंदिर परिसर में सोशल डिस्टेनसिंग का पालन किया जा रहा है इसके अलावा मास्क लगाना अनिवार्य है और केन्द्र सरकार के निर्देशों के मुताबिक बुजुर्गो और बच्चों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है इन व्यवस्थाओं से श्रद्वालु भी खुश हैं

राज्य के इंदौर उज्जैन होशंगाबाद संभाग के कई स्थानों पर आज बारिश हुई वहीं सागर इंदौर ग्वालियर और चंबल संभाग के जिलों में कुछ स्थानों पर बारिश और गरज चमक के साथ हल्की बारिश हुई मौसम विभाग ने आज शहडोल सीधी छिंदवाड़ा सिवनी रायसेन सीहोर होशंगाबाद खंडवा और हरदा में कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी दी है

कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने आज जिले के पगारी गांव पहुंचकर ग्रामीणों से बातचीत की और उनकी समस्याओं का निराकरण किया